उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए श्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंकड्इन पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है जिसमें कोई एक देश या समाज पीड़ित होता था लेकिन इस बार पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है उन्होंने कहा कि भविष्यं साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुडा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्योपक विचार विश्व के अनुकूल होंगे इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि पेशेवरों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है घर अब नया ऑफिस हो गया है और इंटरनेट मीटिंग रूम है कोरोना केन्द्र छूट केन्द्र सरकार हॉट स्पॉट मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देगी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक पलंबर मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अनुमति दी गई है केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कृछ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जायेंगी इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के बारे में समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में ई कॉमर्स कंपनियों को अनावश्यक वस्तुओं की बिक्री में शामिल नहीं की गई है कोरोना मुख्यमंत्री संदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कल बीस अप्रैल से बहत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है गांवों में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि खतरा अभी टला नहीं है इसलिए रोजमर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें और अफवाहों से सावधान रहें

प्रक्रिया में कहा गया है कि अगर श्रमिकों का कोई समूह राज्य के भीतर ही दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाना चाहता है तो उनकी जांच की जाएगी और स्वस्थ व्यक्ति को उसके कार्यस्थल पर भेजा जाएगा उनकी यात्रा बस से होगी और उन्हें सुरक्षित परस्पर दूरी के मानकों का पालन करना होगा स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा केंद्रीय गृह सचिव ने मानक परिचालन प्रक्रिया में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक मजदूरों की अंतरराज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी कोरोना पेंशन कटौती खंडन केन्द्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनधारकों की पेंशन में बीस प्रतिशत कटौती पर विचार किया जा रहा है सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की खबरें निराधार हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीटर पर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सरकार के नकदी प्रबंधन निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोरोना राज्यपाल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक तीर्थयात्रियों और विद्यार्थियों को अपने अपने राज्य भेजने का आग्रह किया है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के लिए केन्द्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी निरंतर प्रयासरत् है कोरोना मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कोरबा जिले में ही अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं कोरबा के डिंगापुर में ईएसआईसी अस्पताल के नवनिर्मित भवन को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षित छह डॉक्टरों और बारह नसिंग स्टाफ सहित चार वार्ड ब्यॉय भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं मुख्यमंत्री कटघोरा में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस बीच कोरबा के एक सौ बारह लोगों की कोरोना जांच की रिपोर्ट निगेटिव आई है जिले में अब तक चौदह सौ छियासठ लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें अट्ठाईस मरीज पॉजीटिव पाए गए हैं इनमें से सत्रह लोग स्वस्थ हो चुके हैं बाकी ग्यारह लोगों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है

सरगुजा जिले में मनरेगा के तहत तीन सौ नौ ग्राम पंचायतों में अट्ठारह सौ से अधिक काम शुरू किए गए हैं इससे लगभग तेरह हजार मजदूरों को उनके गांवों और आसपास ही काम मिल रहा है कलेक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि मनरेगा कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है वहीं बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिला बैंक सखी घर घर जाकर ग्रामीणों और मजदूरों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं ये बैंक सखी जन धन खाते मनरेगा मजदूरी और पेंशन राशि का भुगतान कर रही हैं इसी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर पंचायत वाड्रफनगर में कर्फ्यू का मॉकड्रिल किया गया साथ ही पूरे क्षेत्र को सेनिटाईज भी किया गया इधर डोनेशन ऑन व्हील्स के जरिये दान देने के लिए दुर्ग जिले की महिलाएं भी सामने आ रही हैं अब तक उनतालीस लोगों ने तेल आटा साबुन सहित अन्य खाद्य सामग्रियां जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई है इसी जिले के खुर्सीपार स्थित मंगल भवन में अन्य राज्यों के एक सौ दस लोगों के लिए निगम प्रशासन द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था की गई है साथ ही टेलीविजन रेडियो और कैमरा सहित उनके मनोरंजन का इंतजाम भी किया गया है भिलाई नगर निगम क्षेत्र में समाजसेवी संस्थाओं द्वारा आज सौ से अधिक दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया

जिले में वनोपज के संग्रहण का कार्य भी ेतेजी से किया जा रहा है शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी कर संग्राहकों को करीब सवा छह लाख रूपये का भुगतान किया गया है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राजनांदगांव नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों को सैनिटाईज किया जा रहा है राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने फल सब्जी की घर पहुंच सेवा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहायक संचालक कृषि को जिला एडमिन नियुक्त किया है इधर लॉकडाउन के दौरान रायगढ़ पुलिस ने बीस सामाजिक कार्यकर्ता और चालीस कॉलोनियों के पदाधिकारियों सहित सौ लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है इसी जिले में संग्राहकों से इमली महुआ फूल सहित अन्य वनोपजों की खरीदी भी की जा रही है संग्राहकों को लगभग दस लाख रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है इस बीच कोरिया कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें ताकि उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की जा सके उधर जशपुर जिले के ग्राम लोदाम के आश्रय स्थल में अन्य राज्यों से आए श्रमिकों और जरूररमंदों को पौष्टिक आहार और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है वहीं तेलंगाना से लौट रहे बीजापुर जिले के पंद्रह मजदूरों को प्रशासन द्वारा रोककर उन्हें आईसोलेशन में रखा गया है केन्द्र उज्जवला जन धन लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं छत्तीसगढ़ में अनेक गरीब परिवार जरूरतमंद और ग्रामीणजन केन्द्र सरकार के इन कदमों से लाभान्वित हुए हैं

इससे उन्हें कृषि कार्य में मदद मिलेगी

वहीं बालको कोरबा द्वारा प्रतिदिन लगभग एक हजार जरूरतमंद नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है कोरबा में छह बिस्तरों के अस्पताल स्थापित करने और उपकरणों में भी बालको ने योगदान दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्योग संस्थानों को इस सहायता के लिए धन्यवाद दिया है

वे अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक और फिर छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे वे चार बार मारो नवागढ़ विधानसभा से विधायक भी रहे श्री धृतलहरे का आज उनके गृहग्राम चक्रवाय जिला बेमेतरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया वहीं रायपुर नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर संतोष अग्रवाल का भी आज निधन हो गया राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री धृतलहरे और श्री अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है कोरोना रेलवे आरोग्य सेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों बिलासपुर रायपुर और नागपुर के अधिकारी कर्मचारी तथा उनके परिजनों सहित बहत्तर हजार लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होकर कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में एकजुटता दिखाई है केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण का मजबूती से मुकाबला करने के लिए देश के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप की शुरूआत की है आरोग्य सेतु नाम का यह ऐप प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण पकड़ने को जोखिम का आंकलन करने में सक्षम है कोरोना रेडी टू ईट कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक चौबीस लाख से अधिक हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी दू ईट का वितरण किया गया है वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत तीन लाख चौबीस हजार हितग्राहियों को सूखा राशन भी उपलब्ध कराया गया है प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बीते तेरह मार्च से बंद कर दिया गया है बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी ट् ईट पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले में अन्य राज्यों और जिलों से आए लोगों को आश्रय गृह में आवश्यक वस्तुओं के साथ ही शुद्ध पेयजल तथा योग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं चांपा में फंसे बिहार के दस मजदूरों को भी मदद पहुंचाई गई है बालोद जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया के साथ ही कलेक्टर और अन्य महिला अधिकारी जुटी हुई हैं कोरिया जिले के झगड़ाखांड थाना क्षेत्र के ग्राम भौता में शंकर मंदिर घाट के पास टैंकर के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं एक अन्य घायल हो गया है दुर्ग पुलिस ने उठाईगिरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है आरोपियों के पास से बहत्तर हजार रूपये नगद और तीन दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं कबीरधाम जिले में आबकारी विभाग की टीम ने कंटेनर से आठ सौ पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है इसकी कीमत लगभग अड़तीस लाख रूपये बताई गई है राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गातापारकला में पुलिस ने करीब ढाई सौ पेटी अवैध शराब जब्त की है इसकी अनुमानित कीमत लगभग दस लाख रूपये बताई जा रही है महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम कसेकेरा के कुएं में गिरने से एक तेंदुएं की मौत हो गई वहीं खुसरूपाली गांव के कुएं में गिरे एक जंगली सुअर को बचा लिया गया